वे आज इटली के प्रधानमंत्री ज्य्जेप्पे कोंते के साथ वर्च्अल द्विपक्षीय शिखर बैठक में बोल रहे थे श्री मोदी ने अपनी श्आती टिप्पणी में कहा कि द्रनिया को अपने को कोरोना पश्चात की स्थितियों के अन्रुप ढालना होगा और इसके कारण उत्पन्न अवसरों और च्नौतियों दोनों के लिए तैयार रहना होगा

श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य देशो को जब कोरोना वायरस की जानकारी मिल रही थी और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे तब इटली इससे जूझ रहा था उन्होंने कहा कि इटली ने प्री तत्परता से और सफलताप्र्वक स्थिति पर नियंत्रण किया

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र राज्य के ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग स्थानीय विधायक मुचु मिथी सहित कई जनप्रतिनिधि और आलाधिकारी मौजूद थे पूर्वोत्तर की जनप्रतिनिधि प्राचीन परंपरा और धरोहर को सहेजने के साथ द्रनियाभर की जनजातीय संस्कृति के अध्ययन के लिए विकसित किए गए इस केंद्र में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी विशेषता के बारे मेँ जानकारी दी गई केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेशों में बसे भारतीय सम्दाय और संस्थानों के सहयोग से बने इस म्यूजियम के उद्घाटन से राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को बल मिलने की संभावना है इस म्यूमियम में अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को दर्शाते ह्ए कई ऐतिहासिक वस्त्एं लोगों द्वारा उपहार स्वरुप दी गई है एक तरह से यह म्यूमियम जनजातीय सम्दायों की एक झाकी भर नहीं है बल्कि द्नियाभर की जनजातीय परंपराओं के साथ एक जीवंत रिश्ता बनाने का प्रयास है

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स राज्य के म्ख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने के बजाय शिक्षा की ग्णवत्ता को स्निश्चित करने पर ध्यान दे रही है

श्री शेखावत के लोअर दिबांग वैली जिले में पहुंचने पर म्ख्यमंत्री पेमा खांडू उप म्ख्यमंत्री चाउना मैन राज्य के पी एच ई डी मंत्री वांग्की लोवांग ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स स्थानीय विधायक म्च् मिथि राज्य के म्ख्य सचिव नरेश क्मार सहित कई जनप्रतिनिधियों और आलाधिकारियों ने स्वागत किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने लोअर दिबांग वैली जिले के जिया बाल्ग और ब्क्कोंग क्षेत्र मे इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया राज्य की इस महत्वपूर्ण जल आपूर्ति परियोजना में सोलर ग्रिड सिस्टम सहित अत्याध्निक तकनीकों का उपयोग किया गया है साम्दायिक सहभागिता से तैयार इस परियोजना में पर्यटन का भी ध्यान रखा गया है और इसमें स्वीमिंग पुल मनोरंजन पार्क एम्फी थियेटर फाउंटेन सहित कई रोचक स्विधाएं विकसित की गई है